मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि वे पैदल ट्रक बाइक अथवा अन्य साधनों से यात्रा न करें राज्य सरकार उनकी सम्मानजनक सुरक्षित और शीघ्र वापसी के प्रबन्ध कर रही है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक सड़क दुर्घटना में हुई प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की मृत्य पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है इस बीच मुख्यमंत्री ने आज अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन में की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासियों की एक सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जिससे उन्हें सुरक्षित लाया जा सके मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी प्रवासियों की सकुशल एवं सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जाये साथ ही सभी प्रवासी श्रमिकों कामगारों का स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेरठ और कानपुर में प्रशासन पुलिस और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की एक एक उच्च स्तरीय टीम भेजने के निर्देश दिए हैं यह टीम यहां पर कई दिनों तक रह कर स्थिति का जायजा लेंगी

वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना जाँच की संख्या बढ़ाने पर बल दिया है उन्होंने कम्यूनिटी किचन में लगे कामगारों की स्वास्थ्य के नियमित रूप से परीक्षण करने के भी निर्देश दिए है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ वन्दे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीयों का उत्तर प्रदेश पहुंचना शुरू हो गया है

लखनऊ जिले के अधिकारियों ने इन यात्रियों का स्वागत किया

राज्य सरकार अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को भी वापस ला रही है और उन्ह उनके निवास स्थान के आसपास रोजगार देने की कोशिश कर रही है

उन्होंने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि सरकार अन्य राज्यों में लाकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को प्रदेश लाने का भरसक प्रयास कर रही है और उन्हे रोजगार मुहैया कराने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्य शुरू कराये जा रहे हैं बाइट बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेश के प्रदेश के अन्दर जो उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं वह सारे के सारे लोग बड़ी भारी संख्या में अब अपने घर वापस कर रहे हैं सरकार ने जो व्यवस्था की है उसका उपयोग कर रहे हैं जहाँ सरकार की व्यवस्था नहीं है वह स्वयं के आधार पर भी पैदल से हैं साइकिल से हैं अन्य साधनों से आ रहे हैं हम इसको लेकर के चिन्तित भी हैं और सभी अपने श्रमिक भाई बहन से अपील करते हैं कि सरकार धीरे धीरे सबको लाने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रदेश के अन्दर रोजगार के पड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं लोक निर्माण विभाग के माध्यम से हमने विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में काम तेजी से शुरू होने का आदेश दिया है जिन गॉवों पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है इससे लगभग आठ हजार गॉवों की सूची हम तैयार करवा रहे है उसकी योजना तैयार करवा रहे हैं और उन गाँवों में जो दूसरे प्रदेश से लोग अभी वापस आ रहे हैं उनको हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करायें

उन्होंने कहा कि कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में किसी भी दशा में मेडिकल इन्फेकशन नहीं होना चाहिए इसके लिए मेडिकल कालेजों में निर्धारित प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन होना चाहिए ऐसे मेडिकल कालेज अस्पताल जहाँ कोविड के अतिरिक्त नॉन कोविड मरीज का इलाज किया जा रहा है वहाँ कोविड और नॉन कोविड ब्लाक बिल्कुल अलग रहें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयास किया जाये कि कोरोना के कारण किसी की मौत न हो कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर डेथ आडिट जरूर करायें

ये दल महामारी के प्रबंधन में राज्यों के स्वास्थ्य विभाग की सहायता करेंगे ये केन्द्रीय दल उत्तर प्रदेश गुजरात तमिलनाडु दिल्ली राजस्थान मध्य प्रदेश पंजाब पश्चिम बंगाल आंध्रप्रदेश और तेलंगाना जाएंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेन्द्र दत्त शुक्ल के आसमयिक निधन पर गहरा शाक व्यक्त किया है उन्होंने श्री शुक्ल के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की सराहना करते हुए दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना की है

वरिष्ठ भाजपा नेता और ड्रमरियागंज के सांसद जगदम्बिकापाल ने श्री शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्री शुक्ल के निधन से प्रदेश की राजनीति को अपूर्णनीय क्षति हुई है

उन्होंने कहा कि श्री शुक्ल मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे उनके निधन से पार्टी और राजनीति को अपूर्णनीय क्षति हुई है

तपेदिक और फेफडा रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर तन्मय तालुकदार परिचर्चा में भाग लेंगे

यह विशेष कार्यक्रम रात ना बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है प्रदेश के सभी मदरसों में लॉकडाउन के दौरान व्हॉटसऐप वर्चुअल क्लास आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अल्पसंख्यक कल्याणथ एवं वक्फ विकास विभाग के अनुसचिव इच्छाराम ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार निरीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि व्हाटसऐप के माध्यम से ई लर्निंग एवं वर्चुअल क्लास द्वारा शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से शुरू करना सुनिश्चित करें